भारतीय सशस्त्र बलों के साहस शौर्य और बलिदान को दर्शाने के लिए आज से रविवार तक देश भर में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है मुख्य समारोह नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया जा रहा है

कार्यक्रम में सशस्त्र सेनाओं के साहस और पराक्रम को दर्शाने वाले चित्रों और फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है शनिवार और रविवार को सवेरे ग्यारह बजे से रात दस बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सैनिक हथियारों और उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय सेना के तीनों अंगों के कमांडरों का सम्मेलन राजस्थान में जोधपुर में आयोजित किया गया इस सम्मेलन में रक्षामंत्री निर्मला सीता रमण रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया यह सम्मेलन तीनों सेनाओं के सभी संयुक्त मूद्दों और रक्षा मंत्रालय के बारे में उच्चस्तर पर विचार विमर्श के लिए एकमंच उपलब्ध करा रहा है

उसके बाद श्री मोदी ने पराक्रम पर्व नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें सेना के पराक्रम और राष्ट्र निर्माण में सेना के योगदान को प्रदर्शित किया गया है प्रधानमंत्री ने यहां प्रदर्शित किये गये सेना के हथियारों और अत्याधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया पराक्रम पर्व के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में सेना की मध्य कमान द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कल गोरखा रायफल्स रेजीमेंट द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया इस अवसर पर सेना द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है इस प्रदर्शनी में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान खासतौर पर इस्तेमाल किये गये अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी कल दोपहर दो बजे तक लोगों के दर्शनार्थ ख्रली रहेगी प्रदर्शनी में सेना की गतिविधियों और हथियारों पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जा रहा ह इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को भ्रमण के लिए विशेषतौर पर आमंत्रित किया गया है रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ के अलावा बरेली और मेरठ तथा मध्य कमान के अन्तर्गत जबलपुर देहरादून दानापुर रांची रायपुर तथा गोपालपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में छावनी में आज आर्टिलरी रेजिमेंट का एक सौ इक्यावनवां स्थापना दिवस गनर्स डे के रूप में मनाया गया इस अवसर पर मध्य कमान के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बलवन्त सिंह नेगी ने सूर्या कमान के सभी गनर्स परिवार के सभी रैकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी इस अवसर पर युद्ध स्मारक स्मृतिका पर श्रद्धाजंलि समारोह का भी आयोजन किया गया

इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सब्बरवाल और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया भाग लेंगे

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुंभ सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है इसे पर्यावरण कुंभ के रूप में आयोजित करना है

उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज में कुभ के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित कर रही है उन्होंने बताया कि इस आयोजन में एक सौ छिहत्तर देशों के प्रतिनिधि भी आयेंगे जिनके लिए अस्थायी निर्माण कराये जा रहे हैं श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि यह कुंभ ईको फ्रेंडली हो जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो और आयोजन में स्वच्छ भारत मिशन की छवि भी दिखे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

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दो लाख चौतीस हजार आठ सौ उन्यासी आवासों की स्वीकृति प्रदान कर दी है सूडा के निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि केन्द्र ने इतनी बड़ी संख्या में शहरी आवासों के निर्माण के लिए कभी भी किसी भी प्रदेश को स्वीकृति नहीं दी है यह सौभाग्य पहली बार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है दिल्ली में सीएसएमसी की बैठक से लौटे सूडा निदेशक ने बताया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण नया घटक के अन्तर्गत एक लाख चौसठ हजार चार सौ चार विस्तार घटक के अन्तर्गत ग्यारह हजार दो सौ उन्हत्तर तथा भागीदारी में किफायती घटक के अन्तर्गत उन्सठ हजार दो सौ छह आवासों की केन्द्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई कुल मिलाकर शहरी आवास योजना में अब तक छह लाख तिरासी हजार पच्चीस आवासों के निर्माण की स्वीकृति केन्द्र द्वारा प्रदान की गई है शहीदे आजम सरदार भगत सिंह की जयन्ती पर आज देश और प्रदेश में उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धाजंलि दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि शहीद भगत सिंह के साहस और बलिदान से लाखों देशवासी प्रेरित होते रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के साथ वे भी देश की स्वाधीनता में शहीद भगत सिंह की वीरता का स्मरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद को अपने श्रद्धाजंलि संदेश में कहा कि भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में शहीद भगत सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है देश को आजाद कराने में उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा उनके जीवन से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी को राष्ट्र भक्तों के सपनों के अनुरूप देश और प्रदेश को विकसित और ख्रशहाल बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने का अवसर देता है

उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी